इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता सेवा कार्यो के साथ ही रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं इस मौके पर आज प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व में केन्द्रित चित्र प्रदर्शनी का उदघाटन करेंगे

जिसमें हरएक बिस्तर पर ऑक्सीजन की सुविधा होगी

इसमें सुलह समझौते के आधार पर मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति प्रकरण और व्यवहार वाद प्रकरणों को निराकरण किया जाएगा

इस मुद्दे पर बहस की विपक्ष की मांग के संदर्भ में रक्षामंत्री का बयान काफी महत्वपूर्ण होगा

श्री चौहान हितग्राहियों से सीधा संवाद भी करेंगे भोपाल में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे

इसके कोविड गाईडलाईन के अलावा आदर्श आचार संहिता और चुनाव खर्च की निगरानी के संबंध में जानकारी दी जायेगी वहीं रिक्त सीटों वाले क्षेत्रों में भी सुरक्षा संबंधी समीक्षा की जा रही है मंदसौर जिले में सुवासरा और आगरमालवा जिले में आगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं मंदसौर के जिला अधिकारियों ने कल सभी सीमावर्ती क्षेत्रों राजस्थान के झालावाड़ और आगरमालवा जिले के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की इसमें तय किया गया कि तीनों जिलों के अधिकारी हर सप्ताह बैठक कर हालात की समीक्षा करेंगे

महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी डॉ सीएल पासी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा प्रबंधन तकनीकी षिक्षा कम्प्यूटर पाठ्यक्रम सहित अन्य रोजगारोन्मुखी प्रषिक्षण दिए जाएंगे प्रशिक्षण पाठ्कम के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य होगी कम पढी लिखीसाक्षरअनपढ़ महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण दिये जाएंगे इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने आवेदन प्रक्रिया षुरू कर दी है

वहीं मुख्यमंत्री का आज टीकमगढ़ छतरपुर और रायसेन जिले के दौरे का कार्यक्रम है

जिसमें सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी दी जायेगी